राज्यपाल ने जैसे ही अभिभाषण पढना शुरू किया प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचन्द कटारिया ने बीच में बोलना शुरू कर दिया और आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने ये सत्र नियमों के विरूद्व बुलाया है राज्यपाल शोरगुल के दौरान ही अभिभाषण पढते रहे उन्होंने राज्य सरकार द्वारा किये गये विकास कार्यो के बारे में और उपलब्धियों के बारे में अभिभाषण में जानकारी दी श्री मिश्र ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने सभी वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए काम किया है उन्होंने अपने अभिभाषण में विभिन्न क्षेत्रों में चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का जिक भी किया राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ही बीजेपी के नेता सदन से वॉकआउट कर गए आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है इस अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश की बालिकाओं को बधाई देते हुए कहा है कि हमें बेटियों के प्रति अपने दायित्वों और सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने का संकल्प लेना होगा बालिका दिवस के अवसर पर आज प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे है जालौर में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से नगर परिषद से जनजागृति रैली को अपर जिला और सेशन न्यायाधीश नरेंन्द्रसिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस अवसर पर स्कूलो में पोस्टर और निबंध लेखन प्रतियोगिता और विचार संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है वहीं ब्रंदी में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिले में सुबह बेटी जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया वहीं किशोरी स्वास्थ्य दिवस और किशोरी मेला आयोजित किया जा रहा है इधर श्रीगंगानगर के सरकारी विद्यालयों में राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष में कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई बालिकाओं द्वारा बालिका गरिमा और बेटी बचाओ बेटी पढाओ की थीम पर नाटक का मंचन किया गया

अजमेर जिला विधिक प्राधिकरण की पहल पर आज बालिका संरक्षण के प्रति जनजागरूकता के लिए रैली आयोजित की गई रैली के समापन पर आमजन को बच्चियों को बचाने और संरक्षण देने की शपथ भी दिलाई गई करौली में बालिका दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में जिला कलेक्टर ने दो बच्चियों के जन्म पर स्थायी परिवार नियोजन अपना रहे दम्पत्तियों को सम्मानित किया कल राष्ट्रीय मतदाता दिवस है इस दिन राजकीय अवकाश के कारण सभी विभागों में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ दिलाई जा रही है निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिये है कि मतदाता दिवस पर अधिक से अधिक नागरिकों को निर्वाचन प्रक्रिया से जोडा जाये इस वर्ष इस दिवस की थीम मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदाता शिक्षा रखी गई है इधर धौलपुर जिले ने मतदाता सत्यापन कार्यक्रम में पहला स्थान हासिल किया है कल होने वाले राज्यस्तरीय समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र धौलपुर जिला निर्वाचन अधिकारी को सम्मानित करेंगे

सत्यापन के इस कार्यक्रम मे धौलपुर जिले ने शत प्रतिशत सत्यापन का कार्य पूरा किया भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कोटा जिला प्रमुख सुरेंद्र ग़र्जर को रिश्वत के मामले में आरोपी मानते हए गिरफ्तार किया है इस गिरफ्तारी के बाद राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने जिला प्रमुख सुरेंद्र गुर्जर को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया है

जिसके बाद जांच में एसीबी ने जिला प्रमुख सुरेंद्र को भी आरोपी माना था आरोपी सुरेंद्र गुर्जर बीते डेढ़ महीने से लापता था जिसे एसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है

उन्होंने कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव भेजने को कहा है